प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार वस्तु और सेवा कर जीएसटी को और आसान बनाने का प्रयास कर रही है

हमारी यह मत है कि जीएसटी को जितना सरल और सुविधाजनक किया जा सकता है उसे किया जाना चाहिए

इससे पहले उभरते भारत विषय पर एक आयोजन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था रक्षा सामाजिक और सांस्कतिक सहित प्रत्येक क्षेत्र में विश्व की बढ़ती हुई ताकत के रूप में उभर रहा है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सुधार और उद्यमिता सामाजिक सरोकारो को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए

वित्तमंत्री ने कहा कि अच्छे कार्यों के लिए दिए गए नारे अगर लागू न किये जाएं तो वे क्षणिक साबित होते हैं

श्री जेटली ने कहा कि भारत उस महत्वपूर्ण दौर में है जब वह पहले खो चुके अवसरों की भरपाई कर सकता है अब समय आ गया है जब देश क लिए आने वाले वर्षों का एजेंडा तय किया जाए इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि रणनीति मसौदा पत्र तैयार करते हुए गहन विचार विमर्श किया गया है इस मसौदा पत्र में प्रशासन आधारभूत ढांचा और समावेश जैसे मुद्दे शामिल हैं किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति के साथ खेती पर मुख्य जोर दिया गया है

विधानसभा में अनुपूरक अनुदान मांगों को प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पटल पर रखा इस बीच समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि पूरक बजट में ऊर्जा किसानों तथा चिकित्सा क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिये धन का आवंटन किया गया है

इससे पहले सुबह सदन शुरू होते ही एकजुट विपक्ष प्रदेश म खराब कानून व्यवस्था और किसानों की मांगों को लेकर चर्चा कराने की मांग करने लगा इस बीच सरकार विरोधी बैनर पोस्टर भी लहराये जाते रहे

सभापति रमेश यादव के अनुरोध के बाद भी जब सदन व्यवस्थित नहीं हुआ और नारेबाजी जारी रही तो सभापति ने सदन को कल पूर्वान्ह ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दिया इससे पहले सदन को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बार बार स्थगित करना पड़ा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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विधानमंडल से पारित हुई बजट की धनराशि में से एक बड़ा भाग विभागों द्वारा खर्च कर लिया गया है जिसके चलते प्रदेश में युद्धस्तर पर विकास कार्य चल रहे हैं श्री योगी आज अनुपूरक बजट के बाद सदन के बाहर सेन्ट्रल हाल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे

हमारा प्रयास है कि हम बजट सत्र फरवरी में अपना सम्पन्न कर लेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के राजस्व में काफी वृद्धि हुई है कई विभागों में लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है बाइट सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान प्रदेश में राजस्व में भी काफी वृद्धि की है

श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के बारे में लोगों की अवधारणा बदली है और प्रदेश में तेजी से निवेश हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलन्दशहर जनपद में पिछले तीन दिसम्बर को गोकशी के बाद भड़की हिंसा को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा है कि सरकार की त्वरित कार्रवाई ने राज्य को साम्प्रदायिक हिंसा में झूलसने से बचा लिया श्री योगी आज विधानसभा के सेन्ट्रल हाल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बुलन्दशहर की घटना उन्हीं ताकतों का काम था जिन्होंने जहरीली शराब काण्ड को अंजाम दिया था

उधर बलन्दशहर हिंसा के मामले में आज नामजद चार और अभियूक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया वहीं एक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया

इस मामले में अब तक जेल जाने वालों की संख्या पच्चीस हो गई है इसमें कुल सत्ताईस नामजद अभियूक्त है घटना का मूख्य आरोपी योगेश राज अभी भी फरार है स्वतंत्रता आन्दोलन में काकोरी काण्ड के शहीदी दिवस पर आज कार्यक्रम आयोजित कर महान क्रांतिकारी वीरों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां ठाकुर रोशन सिंह और राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्वाजंलि अर्पित की गई लखनऊ फैजाबाद तथा जौनपुर सहित कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में शहीदों की जीवनगाथा बताई गई लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया लखनऊ में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन काण्ड के लिये आज ही के दिन उन्नीस सौ सत्ताईस में इन शहीदों को अलग अलग स्थानों पर फांसी की सजा दी गई जबकि शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी को दो दिन पहले ही फासी दे दी गई थी इस शहादत से देश की आजादी के लिये एक नया संदेश गया था केन्द्र सरकार ने कहा है कि वर्तमान और अगले वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दुनिया में सबसे अधिक रहने का अनुमान है

पिछले चार वित्त वष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर सात दशमलव तीन प्रतिशत रही जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है

समाप्त